प्रेक्षकों को च्नाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी मुख्य निर्वाचन आयक्त सुनील अरोड़ा दोनों निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र प्रेक्षकों को उनकी भूमिका से अवगत कराएंगे चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद आयोग ने पहली बार यह बैठक बुलाई है इसमें अगले महीने की ग्यारह तारीख को शुरू हो रहे सात चरणों के मतदान के लिए चुनाव खर्च पर नजर रखने सहित कालेधन शराब तथा अन्य नशीले पदार्थो के प्रलोभन पर रोक लगाने संबंधी निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को प्रेक्षकों के साथ साझा किया जायेगा चुनाव तैयारी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गयी है सुगम मतदान के लिये दिव्यांगजन संवेदनीकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज भोपाल में आयोजित की जा रही है कार्यशाला का उददेश्य दिव्यांगों को सुगम मतदान के लिए प्रशिक्षित करना है इन्दौर जिले की जनपद पंचायत सांवेर में ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरुकता प्रशिक्षण दिया गया वहीं शिवपुरी जिले में धारा एक सौ चवालीस के तहत निर्देश जारी किये गये हैं कि किसी भी प्रकार के जुलूस प्रदर्शन और रैली का स्थान और मार्ग की जानकारी क्षेत्रीय पुलिस थाना को पहले से देनी होगी रीवा जिले में चुनाव खर्च की निगरानी तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे जिले में उडनदस्ता दल एफएसटी तथा एसएसटी तैनात किये गये हैं इन दलों में शामिल कर्मचारियों तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है शौर्य सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए कार्यक्रम में दो कीर्तिचक्र और एक शौर्यचक्र मरणोपरांत प्रदान किये गये थल सेनाध्यरक्ष जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन सहित गणमान्य व्यक्ति उपरिथत थे सुको राफेल उच्चतम न्यायालय आज राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहा है केन्द्र सरकार ने इस मामले में दायर शपथपत्र में कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज दाखिल किए हैं वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हैं जिन लोगों ने दस्तावेजों की फोटोप्रतियां लेने की साजिश रची उन्होंने अपराध किया है और दस्ताोवेजों को लीक करके सुरक्षा को खतरे में डाला है मंत्रालय ने कहा कि दस्तावेजों के लीक होने की जांच चल रही है सरकार ने अपने हलफनामें में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने अनाधिकृत रूप से ये दस्तावेज प्राप्त किए हैं जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी न भी मिले तो युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है बल्कि वे स्वयं का रोजगार स्थापित करें इससे पहले समारोह की शुरूआत में एक शोभायात्रा निकाली गई जिसमें सेना के जवानो द्वारा बैण्डध्न पर राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी गई गुर्दा दिवस किडनी संबंधी बीमारियों की रोकथाम और उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से आज विश्व गुर्दा दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष गुर्दा दिवस का विषय है सभी के लिए सभी जगह स्वस्थ गुर्दा ये दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे गुरूवार को मनाया जाता है

इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इसे विशेष बनाती है

इन खेलों में सबसे बड़ी टीम मेजबान संयुक्त अरब अमीरात की होगी इसके बाद भारत और अमरीका का स्थान है